पालमपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्व विकास के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में नई पंचायतों के गठन का निर्णय लिया है

उन्होंने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे टीकाकरण केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया

राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा गया है कि ये टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें

उन्होंने आज ऊना ज़िले में कुटलैहड़ क्षेत्र के जसाणा में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी

मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि पुरातन धरोहर के संरक्षण के लिए लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में शानदार म्यूज़ियम बनाया जाएगा वे त्रिलोकीनाथ में स्नो फैस्टिवल के आयोजन के दौरान बोल रहे थे मारकण्डा ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से समृद्व जनजातीय संस्कृति को एकमंच पर लाने और पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में इस बार सर्दियों में पर्यटक नहीं पहुंच पाए लेकिन आने वाले समय में संरचनात्मक ढांचे को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन गतिविधियों को बल मिल सके सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के सुजन और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दे रही है सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के कोरों कँथड़ी में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं आम लोगों का सहारा बनी हैं और सभी को अपनी पात्रता के अनुसार इनका लाभ उठाना चाहिए

हस्तशिल्प व हथकघा निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की